मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक्सपर्ट पुलिस कर्मियों का पूल गठित करने के दिए निर्देश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

सुबह साढ़े सात बजे से शुरू हुआ मतदान शाम साढ़े पांच बर्जे तक चलेगा

कोविड महामारी के बीच हो रहे चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी एतिहायाती कदम उठाए हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने मतदाताओं से कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है श्री मेहरा ने कहा कि सभी मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं केंद्र में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा आयुक्त ने कहा कि मतदान केन्द्र के बाहर बनाए बूथ पर उम्मीदवार अपने स्तर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखें श्री मेहरा ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए आयोग ने विशेष व्यवस्था की है

इस बीच तीन नगर निगमों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है सुबह के वक्त हल्की ठंड का असर मतदाताओं में भी दिखाई दे रहा है

जोधपुर उत्तर नगर निगम में बूथों पर मतदाताओं के लिए आकर्षक सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं जो नए मतदाताओं को लुभा रहे हैं

गौरतलब है कि जयप्र ग्रेटर जोधप्र दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में इस रविवार एक नवम्बर को मतदान होगा

स्कूल खुलने के बाद विद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फीस ही ली जाएगी यह भी शिक्षण के लिए निर्धारित पाद्यकम के अनुरूप होगी

मुख्यमंत्री निवास पर देर रात हुई बैठक में श्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सोशल मीडिया तथा साइबर तकनीक का दुरूपयोग करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें और नई तकनीक के जरिये ऐसे अपराधों की तफतीश के लिए स्वयं को तैयार रखें मुख्यमंत्री ने साइबर मामलों के एक्सपर्ट पुलिसकर्मियों का पूल गठित करने के भी निर्देश दिए इस बीच गुर्जर आरक्षण के शांतितपूर्ण समाधान के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति ने संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोडी सिंह बैंसला और अन्य सदस्यों को वार्ता के लिए आज जयपुर बुलाया है